सभापति महोदय मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं पूरी स्थिति सामान्य हो चुकी है जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है पांच अगस्त के बाद एक भी व्यक्ति की पुलिस फायरिंग से मौत नहीं हुई है

पत्थरबाजी की घटना में गत साल की कंपेरिजन में कमी आई है राज्यसभा में पूरक प्रश्नों के उत्तर में श्री शाह ने कहा कि इंटरनेट सेवाएं बहाल करने का फैसला उपयुक्त समय पर जम्मू कश्मीर के अधिकारियों की सलाह से और क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा इंटरनेट आज के जमाने में सूचना के लिए बड़ा महत्वपूर्ण उपक्रम है और उसको जितना हो सके उतना जल्दी चालू करना चाहिए परंतु जब देश की सुरक्षा का सवाल है कश्मीर घाटी के और जम्मू के नागरिकों की सुरक्षा का सवाल है और आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई का सवाल है तब हमें कहीं न कही प्रायोरिटी तय करनी पड़ती है और जैसे ही वहां के प्रशासन को उचित लगेगा हम तुरंत इस पर पुनर्विचार करेंगे गृहमंत्री ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार करने के दौरान धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव नही किया जाएगा उन्होंने कहा कि जब भी देश भर में नागरिक रजिस्टर बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी सभी धर्मो के लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा

योजना के तीन वर्ष पूरे होने पर श्री मोदी ने एक ट्वीट में कहा कि सभी को आवास उपलब्ध कराने की योजना से करोड़ों लोगों का सशक्तिकरण हुआ है उन्होंने कहा कि घर का मतलब केवल चार दीवारें ही नहीं होता बल्कि यह लोगों के सपनों और आकांक्षाओं के पूरा होने का स्थान होता है प्रदेश के गौतमबुद्व नगर जिले में होमगाडों की ड्यूटी लगाने के मामले में हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के संबंध में नोएडा पुलिस की अपराध शाखा ने आज होमगार्ड विभाग के पांच अधिकारियों को गिरफ्तार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर होमगार्ड के वर्तमान संभागीय कमांडेंट राम नारायण चौरसिया सहायक कंपनी कमांडर सतीश प्लाटून कमांडर मोंटू तथा सतवीर और शैलेंद्र को गिरफ्तार किया गया गौतमवुद्ध नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वैभव कृष्ण ने कहा कि ड्यूटी से नदारद रहने वाले होमगाडों की फर्जी तरीके से हाजिरी लगाकर होमगार्ड विमाग के अधिकारियों द्वारा करोड़ों रुपये का घोटाला किया गया मामले की जांच कर रिपोर्ट दो माह पूर्व शासन को भेजी गई थी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि ये लोग ड्यूटी से गैरहाजिर रहने वाले होमगाडों के मस्टररोल में हेरफेर कर उनका पूरा वेतन बैंक से निकाल लेते थे प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज सुल्तानपुर में एक सौ सोलह करोड़ रूपये की तैंतीस सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश व प्रदेश का सर्वागीण एवं सर्व स्पर्शी विकास हुआ है उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना किसान सम्मान निधि योजना स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण और निर्बाध बिजली आपूर्ति के माध्यम से जनता के हित में अनेकों कार्य किए हैं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने प्लास्टिक के कचरे से नौ जिलों में चौदह किलोमीटर सड़क का निर्माण भी किया है साथ ही श्री मौर्य ने कहा कि स्थानीय सांसद व विधायक की मांग पर ओदरा में गोमती नदी पर पुल बनाने के लिए बाइस करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दे दी गई है पूर्व केंद्रीय मंत्री व स्थानीय सांसद मेनका गांधी ने सुल्तानपुर में विकास योजनाओं का शुभारंभ करने के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आभार व्यक्त किया उन्होंने श्री मौर्य से अयोध्या प्रयागराज बाईपास के चौड़ीकरण की मांग भी की जिस पर उपमुख्यमंत्री ने उनसे प्रस्ताव मांगा है पचासवें भारतीय अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इफ्फी का आज गोवा में भव्य शुभारम्म हुआ सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने समारोह का उद्घाटन करते हये कहा कि इफ्फी का आयोजन एक आनन्द यात्रा है उन्होंने कहा कि सिनेमा का हमारी जिन्दगी पर गहरा प्रभाव रहता है उन्होंने फिल्म जगत से ज्यादा से ज्यादा फिल्मों की शूटिंग भारत में करने आहवान किया समारोह में महामिनेता अमिताभ बच्चन और सुपर स्टार रजनीकांत को सम्मानित किया गया गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में छियत्तर देशों की तीन सौ फिल्में दिखाई जाएंगी समारोह में दस हजार से अधिक प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं